भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना की वजह से देष में आये आर्थिक संकट से निपटने के लिए कई तरह के उपायों की घोषणा की है रिवर्स रेपो रेट पच्चीस बेसिस प्वाइंट कम की गयी है बैंकों के लिए एनपीए की अवधि तीन महीने से बढ़ाकर छह महीने करने को कहा गया है नाबार्ड को पच्चीस हजार करोड़ तथा सिडबी को पंद्रह हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रेस कान्फ्रेंस में की सरकार ने कहा है कि प्रभावी कार्रवाई के कारण देश के तीन सौ पच्चीस जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण नहीं मिला है अन्य सताइस जिलों में पिछले चौदह दिन से किसी भी संक्रमित व्यक्ति की रिपोर्ट नहीं है

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि संक्रमित जिलों में रोकथाम उपाय लागू किए जाने के सकारात्मक परिणाम आए हैं गृहमंत्रालय की प्रतिनिधि ने बताया कि राज्यों में लॉकडाउन प्रभावी ढंग से लागू कराने के उपाय तेज कर दिए गए हैं और देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति संतोषजनक है उन्होंने कहा कि वायु और रेल सेवाएं अगले महीने की तीन तारीख तक रद्द रहेंगी नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि सरकार आरोग्य सेतु ऐप के जरिए मिलने वाली जानकारी का इस्तेमाल केवल चिकित्सा प्रयोजन के लिए करेगी और लोगों से संबंधित आंकड़ों का किसी अन्य काम के लिए इस्तेमाल कभी नहीं किया जाएगा श्री कांत ने ट्वीट करते हुए कहा कि निजता अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार इसे सबसे अधिक महत्व देती है

उन्होंने इस ऐप को विश्व स्तरीय मेक इन इंडिया उत्पाद बताया और कहा कि यह संक्रमण के जोखिम की जानकारी देकर लोगों का सशक्तीकरण करता है

केन्द्र सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राहत के अनेक उपाय किये हैं इन्हीं उपायों के तहत इस साल अप्रैल से जून के बीच प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के आठ करोड़ से अधिक लाभार्थियों को रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे

सिमडेगा जिले में कोरोना से संक्रमित एक व्यक्ति की पहचान होने के बाद ठेठईटांगर प्रखंड में डोर टू डोर जांच शुरू कर दी गयी है

उन्होंने बताया कि जिले के अलग अलग क्वारेंटाइन सेंटर में पांच सौ नब्बे लोगों को रखा गया था जिसमें कई स्थानीय लोग शामिल हैं

इस संबंध में हमारे संवाददाता ने लाभुकों से बातचीत की

यह राशि पिछले वित्त वर्ष के बकाया और चालू वित्त वर्ष के पहले पखवाड़े के लिए जारी की गई है ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल ग्रामीण विकास से संबंधित सभी प्रमुख कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा की उन्होंने कहा कि संक्रमण से मुक्त क्षेत्रों में मनरेगा श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए कारगर ढंग से काम फिर शुरू करना चाहिए मंत्री ने कहा कि सिंचाई और जल संरक्षण से संबंधित टिकाऊ परिसम्पत्तियों के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए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

संक्षिप्त खबरें योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल ने सभी उपायुक्तों को लॉकडाउन के दौरान लोगों तक घर घर सहायता पहुंचाने के लिए डाक विभाग का सहयोग लेने का निर्देष दिया है रामगढ़ जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में दिन रात लगे रामगढ़ के पुलिस कर्मियों का फ्लैग मार्च के दौरान लोगों ने फूल वर्षा कर स्वागत किया डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में चितरपुर में फ्लैग मार्च निकाला गया था लॉकडाउन के दौरान दूर दराज के इलाके में अपने घरों में बैठे बच्चों की पढ़ाई रेडियो के माध्यम से शुरू करने की तैयारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर रहा है इन इलाकों में स्मार्ट फोन इंटनरेट और टेलीविजन जैसी स्विधाएं नहीं होने के कारण ऑनलाइन पढ़ाई संभव नहीं है